नर्मदा जिले में सरदार सरोवर बांध पर नमामि देवी नर्मदे महोत्सव में श्री मोदी ने कहा कि हमने यह सिद्ध कर दिया है कि पर्यावरण के संरक्षण के साथ भी विकास किया जा सकता है उन्होंने सरदार सरोवर बांध और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को विश्व के उभरते हुए पर्यटन स्थलों की संज्ञा दी उन्होंने कहा कि विकास से स्थानीय जनजाति के लोगों को रोजगार मिलेगा प्रधानमंत्री ने इस तरह के स्थानों को सिंगल यूज प्लाकस्टिक से मुक्त रखने की भी अपील की प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछल सौ दिनों में कई महत्वपूर्ण फैसले लिये हैं और आगे भी लोगों की भलाई के लिए इसी गति से काम किया जाएगा बाढ़ स्थिति राज्य के विभिन्न जिलों में बाढ़ की स्थिति अब नियंत्रण में है बाढ़ से प्रभावित मंदसौर नीमच भिंड और मुरैना जिलों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का कार्य जारी है भिंड जिले में चंबल नदी में बाढ़ के कारण कई गॉवों के लोगों को राहत शिविरों में पहुँचाया गया है मुरैना में चंबल के बढ़ते जलस्तर और प्रभावित गांव का हवाई सर्वे किया जा रहा है

आगरमालवा जिले में प्रभावितों के सर्वे के लिए टीम का गठन किया गया है

मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश से कुछ राहत भिलने की उम्मीद जताई है राजधानी भोपाल में भी आज सुबह से मौसम खुला हुआ है

संत समागम राजघानी भोपाल के मिंटो हॉल में संत समागम का आयोजन किया जा रहा है इस कार्यक्रम में प्रदेश के करीब एक हजार संत पुजारी और महंत शामिल हो रहे हैं समागम की अध्यक्षता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कर हैं वहीं मुख्य अतिथि कमलनाथ हैं संत समागम का उद्देश्य संतों की समस्याओँ और मांगों को जानना है

कई स्थानों पर मंदिरों में प्रधानमंत्री की लंबी आयु के लिए कामना की गई इंदौर सांसद शंकर लालवानी भी भाजपा नेताओं के साथ ग्रुद्वारे पहुंचे और प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना की गई श्री लालवानी ने बताया कि पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है इसके तहत रक्तदान प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने के संकल्प सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सेवा सप्ताह के तहत मंदसौर में बाढ़ पीड़ितों की सेवा करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ कचरे को साफ किया मुरैना फैक्ट्री सील मुरैना में सोया क्रूड ऑयल में एसेंस मिलाकर सरसों का नकली तेल बनाने वाली एक फैक्ट्री को सील कर दिया गया है

वणिज्यकर मंत्री बृजेन्द्र सिंह राठौर ने इस सुविधा का शुभारंभ किया